भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कल जयपुर में पत्रकारों को यह जानकारी दी

श्री सैनी ने यात्रा में हो रहे खर्चे के बारे में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि सरकारी कार्यक्रम में जो खर्च हो रहा है वह सरकार वहन कर रही है तथा यात्रा पर शेष खर्च पार्टी वहन कर रही है गौरतलब है कि एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने भाजपा से यात्रा के खर्चे का हिसाब मांगा हैं मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने बाढ़ और अतिवृष्टि की त्रासदी झेल रहे केरल राज्य को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दस करोड़ रूपए की सहायता देने की घोषणा की है उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है और जान माल को हुए व्यापक नुकसान पर चिंता भी व्यक्त की है श्रीमती राजे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राजस्थान सरकार और राजस्थान के लोग केरलवासियों के साथ हैं और उन्हें हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने को तैयार हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि आज सभी मतदान केन्द्रों पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाकर नये नाम जोड़ने या हटाने और संशोधन करने का काम किया जा रहा है

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान बीसीआर के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के लिए कल मतदान सम्पन्न होने के बाद परिणाम लिफाफे में बंद कर दिया गया अब बीस अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान परिणाम पेश किए जायेंगे वार्षिक हज यात्रा के तहत आज विश्वभर से आए लाखों श्रद्वालु सऊदी अरब में पवित्र मक्का शहर से यात्रा शुरू करेंगे और मीना तक पहुंचेंगे वे रात में मीना में ठहरेंगे और अगले दिन सुबह अराफात के मैदान की ओर जाएंगे जहां हज की प्रमुख नमाज पढ़ी जाएंगी

पटवारी ने यह रिश्वत खाता नामान्तरण के लिए मांगी थी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आज नर्सिग कोर्सेज के लिए ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है

वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के तहत आज विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे है अजमेर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक बी एम भामू ने दावा किया है कि डिस्कॉम क्षेत्र में दिसंबर तक ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हो श्री भामू कल झूंझुनूं में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत झंझनूं में करीब सात हजार घरों को बिजली के कनेक्शन मिलेंगे इसके बाद ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां बिजली का कनेक्शन नहीं हो

प्रदेश में मानसून के फिर सक्रिय होने के बाद वर्षा का दौर शुरु होने से जहां बांधों का जल स्तर बढ़ने लगा है वही इससे किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं

इस दौरान राज्य के तीन बांध और लबालब हो गये